राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद

कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं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

मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि कल मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद पन्द्रह मई तक लॉकडाउन लगाये जाने का फैसला किया गया सम्पूर्ण लॉकडाउन के दौरान टीकाकरण केंद्र बैंक और आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी गृह विभाग ने लॉकडाउन संबंधी दिशा निर्देशों की अधिसूचना जारी कर दी है व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित सरकारी और निजी कार्यालयों को बंद करने के निर्देश दिये गये हैं केवल पुलिस बिजली आपूर्ति अग्निशमन और डाक विभाग तथा अन्य आवश्यक सेवा को लॉकडाउन से छूट होगी जरूरत के सामानों जैसे खाने पीने की चीजों की बिक्री फल और सब्जी मांस मछली और द्ध की बिक्री सुबह सात बजे से दिन के ग्यारह बजे तक ही की जा सकेगी अस्पताल दवाओं उनके निर्माण से संबंधित दुकानों को लॉकडाडन से छूट दी गयी है रेस्तरा और भोजनालय में बैठ कर खाने पर प्रतिबंध होगा केवल होम डिलीवरी के मकसद से सुबह नौ बजे से रात्रि नौ बजे तक उनके संचालन की अनुमति दी गयी है राष्ट्रीय राजमार्गो पर स्थित ढ़ाबों को पैकेज भोजन ले जाने के लिए खुले रखने की अनुमति दी गयी है सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर अनावश्यक रूप से आवाजाही करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी इस दौरान पैदल और वाहनों से आवागमन पर भी रोक लगा दी गयी है सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट में केवल कुल क्षमता के पचास प्रतिशत यात्रियों को बैठने की अनुमति होगी केवल रेल विमान सेवा और अन्य लंबी दूरी यात्रा के लिए ही सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जा सकेगा जिला प्रशासन से ई पास निर्गत निजी वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं होगी इसके अलावा जिन लोगों को विमान और रेल सेवा के लिए जाना हो उन्हें वैद्य टिकट के साथ निजी वाहन से आनेजाने की अनुमति होगी अंतरराज्जीय मार्गों पर दूसरे राज्यों को जाने वाले निजी वाहनों को भी लॉकडाउन से छूट दी गयी है लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल कॉलेज शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे इस अवधि में विद्यालयों और विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी परीक्षा के आयोजन पर प्रतिबंध जारी रहेगा सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा विवाह समारोह को लॉकडाउन से छूट दी गयी है विवाह समारोह में अधिकतम पचास लोग ही शामिल हो सकेंगे लेकिन बारात निकालने की मंजूरी नहीं होगी डीजे संगीत बजाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है गृह विभाग ने कहा है कि विवाह समारोह संबंधी आयोजन की सूचना कम से कम तीन दिन पहले स्थानीय थाने को देनी होगी वहीं श्राद्व कार्यक्रमों और अंतिम संस्कार में भी केवल बीस लोग ही भाग ले सकते हैं सभी प्रकार के सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकूद शैक्षणिक और संस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक जारी रहेगी धार्मिक स्थलों को भी आम लोगों के लिए बंद रखने का निर्णय किया गया है लॉकडाउन से प्रभावित गरीब लोगों को मदद करने के लिए जिलाधिकारियों को सामुदायिक किचेन स्थापित करने को कहा गया है राज्य सरकार ने कहा है कि सभी राशन कार्डधारकों को इस दौरान मुफ्त राशन दिया जायेगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने लोगों से लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है उन्होंने कहा है कि आपसी सहयोग से ही कोविड महामारी से प्रभावी तरीके से बचाव किया जा सकता है

पिछले चौबीस घंटों के दौरान चौदह हजार सात सौ चवौरानवे नए मामलों की पुष्टि हुई है इस अवधि में बहत्तर हजार छह सौ अठावन कोविड नमूनों की जांच की गई प्रदेश में संक्रमण की दर लगभग सोलह प्रतिशत हो गयी है सबसे अधिक पटना से दो हजार छह सौ इक्यासी नये मामले सामने आए हैं इसके अलावा वैशाली से छह सौ पैंतीस गया से सात सौ सड़सठ मुजफ्फरपुर से चार सौ इकसठ पश्चिम चंपारण से पांच सौ सोलह और बेगूसराय से चार सौ बासठ मामले दर्ज किए गए हैं इसके अलावा अन्य सभी जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल रिकॉर्ड तेरह हजार छह सौ तीन मरीजों को उपचार के बाद छ्ट्टी दी गयी राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक लाख दस हजार हो गयी है राज्य सरकार ने कोविड अस्पतालों आईसोलेशन सेंटर और क्वारेंटीन सेंटर पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती करने का फैसला किया है पुलिस महानिदेशक और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के संयुक्त आदेश में कहा गया है कि चिकित्सकों और अस्पताल प्रबंधन के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटनाओं को देखते हुए यह फैसला किया गया है साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है तो उसके विरूद्व विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी भाजपा सांसद सतीश चन्द्र दूबे कोविड से संक्रमित हो गये हैं संक्रमण की पुष्टि होने के बाद वे होम आईसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं इधर मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच में आज कोविड संक्रमण के बारह लोगों की मृत्यु हो गयी अस्पताल द्वारा जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार आज कोविड के इकतालीस नये मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या में बढ़ोतरी अब भी चुनौती बनी हुई है श्री अग्रवाल ने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है

बट अगर हम पिछले दो तीन महीने डेटा को एनेलाइज करें तो कलेक्टिव अफर्ट बाय द स्टेट इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट हमारा डेथ रेट अभी भी वन परसेन्ट से काफी नीचे है साथ ही अगर हम डेली केसेज और डेथ की ट्रेजिट्री को एनेलाइज करें तो कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ने की सोच सकते हैं

बिहार सहित कुछ राज्यों में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने पर श्री अग्रवाल ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए राज्यों को और गंभीर प्रयास करने की जरूरत है

यहां यह जरूरी है कि जहां पर केसेज ज्यादा हैं वहां पर हमारा इंटेसिव एफर्ट बना रहे और जहां केसेज कम हैं वहां पर भी हम किसी तरह की कोताही न करें नहीं तो ये सिच्एशन हो सकती है कि फिर वहां पर भी केसेज फैलने लगें जैसा कि हमने इस सेकेंड वेव में देखा है

इससे पहले अप्रैल सत्र की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज इसकी घोषणा की है मुख्य परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जायेगी इधर एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों को मई में निर्धारित सभी ऑफलाइन परीक्षाओं को स्थगित करने के निर्देश दिये हैं एनटीए द्वारा पहली बार जेईई मेन दो हजार इक्कीस की परीक्षा चार सत्रों में आयोजित की जा रही है पहले दो सत्र फरवरी और मार्च की परीक्षा ली जा चुकी है कोरोना की स्थिति को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने देश के सभी केन्द्रीय वित्त पोषित संस्थानों को मई महीने में होने वाली ऑफलाईन परीक्षाएं स्थगित करने का आदेश दिया है ऐसे संस्थानों में सभी आईटीआई एनआईटी ट्रिपल आईटी और केन्द्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं जाने माने एयरोनॉटिकल वैज्ञानिक पदमश्री मानस बिहारी वर्मा का आज अंतिम संस्कार दरभंगा जिले के घनश्यामपूर प्रखंड के बाउर गांव में कर दिया गया कल देर रात हृदयगति रूक जाने से दरभंगा में उनका निधन हो गया था वे लगभग अठहत्तर वर्ष के थे मानस बिहारी वर्मा स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस परियोजना से जुड़े हुए थे साथ ही उन्होंने डीआरडीओ की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अपनी भूमिका का निर्वाह किया था उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई गणमान्य लोगों ने गहरी संवेदना जतायी है प्रदेश में काल वैशाखी हवा के प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गयी अररिया जमुई भागलपुर पूर्णिया और किशनगंज जिले में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है सबसे अधिक ग्यारह सेंटीमीटर बारिश अररिया जिले के फारबिसगंज में दर्ज की गयी है मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि अब भी बिहार के कुछ हिस्सों से एक ट्रफ लाईन गुजर रही है जिसके कारण आठ मई तक राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है

बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति रह चुके सलीम परवेज ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के मामले में वे राजद के शीर्ष नेताओं की अनदेखी से दुखी हैं कटिहार जिले के डंडखोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत संगत टोला में एक घर में लालटेन के फट जाने से दो लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से झुलस गये

आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर रोक